हर्षवर्धन महामारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन न कहा है कि मौजूदा महामारी स बाहर निकलन क लिए पूरी द्रनिया क लिए एक मात्र उपाय रोग का इलाज लक्षणों की जांच और टीका है उन्होंन कई ट्वीट में कहा कि इसका जोखिम अन्संधान औषधि उत्पादन और वितरण का लिए वैश्विक संसाधनों को ज्टाना इसी शर्त पर हो सकता है कि इसका परिणाम सबका लिए उपलब्ध हो उन्होंना गृह्स फाउंडक्षान स स्वास्थ्य सवा में स्धार की अभिनव पद्धतियां बढान में अपनी भूमिका बढ़ाना का आहवान किया स्वास्थ्य मंत्री गृष्ठ्स फाउंडश्वन का ट्वीट का जवाब द रह थ जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी मंडल का अध्यक्ष चन जान पर उसन उन्हें बधाई दी थी डॉ हर्षवर्धन न कहा कि उनका सिद्धांत धनहीनों का लिए स्वास्थ्य स्निश्चित करना है

सीहोर जिल में एक्टिव मामलों की संख्या शून्य हो गई है हमार संवाददाता न बताया है कि जिला कोविड सेंटर स आखिरी दो महिला मरीजों का स्वस्थ पर कल उन्हें छ्ट्टी दा दी गई

इनम तीन की मौत हो चुकी है

बालाघाल में एक और मरीज का साथ क्ल सात संक्रमित हो गए हैं मंडला में इंदौर सा आए य्वक की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई है शिवप्री जिल कल दो नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल हैं

जिसस अब कोरोना की जांच आसानी स हो सकागी

इसक म्ताबिक सोमवार और ग्रुवार को कपड़ा जूत चप्पल स्टशनरी और किताब की दुकानें खुलेंगी वहीं मंगलवार और शुक्रवार को इलक्ट्रॉनिक हार्डवक्वर इलक्ट्रिकल्स एवं मोबाइल की दुकान खोली जा सकेंगी ब्धवार और शनिवार को ज्वक्वरी सराफा बर्तन कास्मृष्टिक एवं अन्य द्कानें खोली जा सकेंगा

वहीं इंदौर में आज स शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालय आध कर्मचारियों का साथ खोल जाएंग श्रमिक सर्वे अन्य राज्यों स लौट मजदूरों को स्निश्चित रोजगार उपलब्ध करान क लिए प्रदश्न में एक सर्वेक्षण किया जा रहा है इस सर्वेक्षण का उद्दष्टय मजदूरों को रोजगार का साथ साथ राज्य की संबल योजना सा जोड़ना है कल सा श्रू हआ यह सर्वेक्षण तीन जुन तक चलणा

कंपनी न दोपहिया वाहन धारक य्वाओं क माध्यम स उपभोक्ताओं क घर घर जाकर बिजली बिल वसूली की योजना बनाई है

इन उपभोक्ताओं को घर पर ही ई रसीद दी जा रही है

मौसम नौतपा में प्रदश में भीषण गर्मी पड़ रही है कई जिल लू की चपप्त में हैं

दिनभर चली तम गर्म हवाओं न लोगों को परष्ठाान कर दिया

मौसम विभाग न ग्वालियर चंबल संभाग क सभी जिलों समप्र छतरप्र जिल में तम्र लू का रछ अलर्ट और रीवा भोपाल संभाग टीकमढ़ पन्ना सागर दमोह उमरिया जबलपुर छिंदवाड़ा नरसिंहपुर शाजापुर खंडवा खरगौन गुना दतिया शिवपुरी अशोकनगर में लू का यलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग न चप्तावनी जारी करत हए कहा है कि ल् स बचन क लिए अनावश्यक रूप स घर स बाहर न निकलें

अगलादो दिन इसी तरह का मौसम बना रहन का अन्मान है